बैठक में झालावाड़ हवाई पट्टी के लिए जमीन आवंटित करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

परीक्षा के दौरान हाईटेक तरीके से नकल तथा अन्य अनुचित मामलों के कई प्रकरण सामने आने के बाद आज पुलिस मुख्यालय में पुलिस संस्थापन बोर्ड की बैठक के दौरान भर्ती परीक्षा की समीक्षा की गई और इसे निरस्त करने का निर्णय किया सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कॉन्स्टिेबल की नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी राज्य सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुसार कांस्टेबल की अतिरिक्त रिक्तियों का समावेश भी नई विज्ञप्ति में किया जाना प्रस्तावित है

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी से पहले आरोपों की प्रारम्भिक जांच जरूरी है

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने गिरफ्तारी से पहले मंजूर होने वार्ली जमानत में रूकावट को भी खत्म कर दिया हैं ऐसे में अब दुर्मावना के तहत दर्ज कराये गये मामलों में अग्रिम जमानत भी मंजूर हो सकेगी न्यायालय ने माना है कि एससीएसटी अधिनियम का दुरूपयोग हो रहा है

जांच अधिकारी महानिरीक्षक कानून व्यवस्था बी एल मीणापिछले एक सप्ताह से नागौर में डेरा डाले हुए हैं

मन की बात कार्यकम के लिये श्रोता अपने सुझाव माई जीओवी ओपन फोरम पर मेज सकते है

इस समारोह में दक्षिण पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफिटनेंट जनरल चेरिस मैथसन ने विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठता हासिल करने वाली चौदह यूनिट्स को सम्मानित किया रक्षा प्रवक्ता लेपिफटनेंट कर्नल मनीष ओझाा ने बताया कि संबंधित यूनिट्स के कमांडिंग अफसर तथा सूबेदार मेजर ने पुरस्कार ग्रहण किये

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष नवम्बर में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत छठी से नवीं कक्षातक के छात्र छात्राओं ने डाक टिकटों र्क संग्रहण के प्रति रूचि बढ़ायी जाती है

ये बाघ काफी वृद्ध था और पिछले दो तीन दिन से इस बाढपुर गांव के पास देखा जा रहा था ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाघ को ट्रंकुलाइज करने का प्रयास किया जिसके बाद उसकी मौत हो गयी

तीन दिन के इस अभियान में मुख्य तौर पर डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया और स्क्रब टाइफस से बचाव के लिये काम किया जायेगा अभियान में स्वास्थ्य विभाग के अलावा सरकारी और निजी नर्सिंग महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है विभिन्न दल बनाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा अभियानको लेकर जिलेमें सभी नर्सिंग विद्यार्थियों कोलार्वा की पहचान एंटी लार्वा गतिविधि और मच्छरों को खत्म करने की गतिविधियों का प्रशिक्षण दियागया है

सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा कि शेष राज्य में एक अप्रैल से गेहूं और दो अप्रैल से चना और सरसों की खरीद शुरू की जाएगी

महिलाओं द्वारां सोलह श्रंगार करके शिव पार्वती के स्वरूप ईसर और गौर की पूजा की गई इस अवसर पर समूचे राज्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं जयपूर में परम्परागत गणगौर शोभायात्रा गीत संगीत और नृत्य के साथ सिटी पैलेस से शुरू हुई

झालावाड़ में महिलाओं और यूवतियों ने ईसर और गणगौर की पूजा की शहर में पारंपरिक लवाजमे के साथ गणगौर की सवारी निकाली गई

इसअवसर पर उन्होंने कहा कि बीएसएफ हमेशा चूनौतियों को स्वीकार करती आयी है

जालौर के जिला कलेक्टर ने संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के मददेनजर अधिकारियों की बैठक ली